मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौजूदा सरकार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं

सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य केन्द्र की सरकार ने प्रारम्भ किये उसमें स्वायल हेल्थ कार्ड से प्रक्रिया प्रारम्भ होती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के दौरान आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी हर सभा में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते थे कि अगर किसानों के जीवन में खुशहाली लाना है उनके जीवन स्तर को उठाना है तो हमें एक परम्परागत खेती के अलावा अल्टीकल्वर की तरफ जाना होगा हमें पशुपालन की ओर जाना पड़ेगा हमें वेजिटेबल की ओर जाना पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और बस्ती मंडल के जिलों में जापानी इंसेफ्लाइटिस ओर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिये समय से पूरी तैयारी किये जाने के निर्देश दिये है

श्री योगी ने इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित जिलों विशेषकर गोरखपुर तथा बस्ती मंडलों के जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सालयों में चिकित्सकों और स्टाफ की समुचित व्यवस्था किये जाने के भी निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंत्री और अधिकारी जुलाई महीने में प्रभावित जिलों में निरीक्षण करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में तीन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं

प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इन्दौर में यह पुरस्कार प्राप्त किया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में रद्द की गई पीसीएस मुख्य परीक्षा के हिन्दी और निबंध के पर्चो की नई परीक्षा तिथि घोषित कर दी है ये परीक्षाएं अब सात जुलाई को कराई जायेंगी उन्नीस जून को इलाहाबाद के एक परीक्षा केन्द्र पर गलती से पहली पाली में दूसरी पाली का पर्चा बांट दिये जाने की वजह से इन परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा पीसीएस मुख्य परीक्षा की शेष सभी परीक्षाएं नियत तिथि के हिसाब से चल रही है

नीट परीक्षा चिकित्सा और दंत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है तमिलनाडु के विद्यार्थियों से शिकायत मिली थी कि उन्हें इस वर्ष नीट परीक्षा के लिए राज्य से बाहर का परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया था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

उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू ने लोगों से विधवाओं से जुड़ी गलत धारणाओं को समाप्त करने की अपील की है विश्व विधवा दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस बारे में सोच में बदलाव लाने की जरूरत है श्री नायड् ने गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्रों से विधवाओं के कल्याण में बड़ी भागीदारी का आहवान किया

केन्द्र और अन्य सरकारों ने विधवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं जिनमें पेशंन आवास और उनके लिए कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं केन्द्र सरकार राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत उन्हें मासिक पेंशन भी दे रही है समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आवास भूमि वितरण में विधवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियों और शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है

यह प्रशिक्षण आईटी संस्था द्वारा नामित प्रशिक्षण केंद्र से ही कराया जाएगा मोहम्मद नईम आकाशवाणी समाचार बदायूं भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर देश आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया

ताकि हमारे युवा अपने गांव अपने नगर की सेवा करने के लिए समर्थ बन सकें

राज्यपाल राम नाईक ने अपने संबोधन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और देशहित में किये गये कार्यो को याद किया राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता लाने का प्रबल शस्त्र है और इस अधिकार को समाज के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए आज लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में आयोजित एक आरटीआई कार्यशाला में राज्यपाल ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की वजह से मंत्री अधिकारी और कर्मचारी प्रमाणिकता से काम कर सकेंगे